बजट निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें कोरोना महामारी के कारण सहायता की तत्काल आवश्यकता है आगामी वित्तवर्ष के लिए किये जा रहे प्रावधानों से सरकार को सतत विकास ढांचा तैया करने में मदद मिलेगी शिक्षक एरियर प्रदेश में अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में आए शिक्षकों को सातवें वेतनमान का एरियर पांच समान किस्तों में वितरित किया जाएगा इसमें पहली किश्त का भुगतान इसी वर्ष कर दिया जाएगा इस संबंध में मप्र लोक शिक्षण संचालनालय ने कल आदेश जारी कर दिए हैं

उन्होंने कहा कि इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन यापन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी

सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद आवेदन की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा

विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता और मीडिया को रेडियो के महत्व के बारे में जागरुक करना है इस बार का विषय नया विश्व नया रेडियो है

आकाशवाणी स्टेशन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और न ही इसके स्तर को कम किया जाएगा लोकसभा में कल श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड ने समी क्षेत्रों को प्रभावित किया है आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है उन्होंने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा मांडु उत्सव माण्डू की ऐतिहासिक धरोहर और विशिष्ट स्थापत्य कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर तीन दिवसीय माण्डू उत्सव आज से शुरू होने जा रहा है उत्सव के दौरान विभिन्न संगीतमय प्रस्तुतियाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स हेरिटेज वॉक साइकिलिंग जैसी गतिविधियों होंगी प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि माण्डू उत्सव के दौरान सभी उम्र के पर्यटकों के लिए उनकी रुचि अनुसार गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी खाने के शौकीन लोगों को परंपरागत व्यंजनों के साथ स्थानीय व्यंजनों का तड़का देने के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं

प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है

सीएनजी ट्रेक्टर सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएनजी से चलने वाले भारत के पहले ट्रैक्टर का कल लोकार्पण किया इस सीएनजी ट्रैक्टर से खर्च में कमी आयेगी तथा किसानों की आमदनी बढने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे इस ट्रैक्टर के रखरखाव का खर्च बहत कम है तथा नई तकनीक के इस्तेमाल से उस वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा जो डीजल के इस्तेमाल से होता था इस ट्रेक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में एक लाख रुपये तक की बचत होगी क्रिकेट भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से चेन्नई में खेला जायेगा मैच का आंखों देखा हाल सुबह नौ बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा चार मैचों की श्रंखला में इंग्लैंड एक शून्य से आगे है